केन्द्रीय कैबिनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खोपरा उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी

कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से घटना की उच्च स्तरीय जांच दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की कर है

प्रदेश के सतना शिवपुरी सहित अन्य जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है शिवपुरी के महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र क्मार सुंदरयाल ने टीका लगाने के बाद बताया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है उन्होंने सभी आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों से टीका लगवाने की अपील भी की सतना में भी रामनगर और देवराजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में टीका लगवाने के बाद स्वास्थ्यकर्मियों ने टीके को सुरक्षित बताते हुए दूसरों से भी टीका लगवाने की अपील की जन आंदोलन समाज के प्रबुद्धजन कोविड के खिलाफ दवाई के साथ साथ मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने का भी अनुरोध कर रहे है

मंत्री डॉ यादव ने बताया कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक ग्राम को गोद लेकर ग्राम में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे इससे ग्राम में विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा ग्राम के विकास के लिए क्लपति प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी चर्चा के दौरान श्री चौहान को डॉ यादव ने जानकारी दी कि क्षेत्र विशेष के विकास के अलावा सामाजिक क्रीतियों की समाप्ति के लिए भी अब महाविद्यालय आगे आएंगे गौरतलब है कि मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा कर विभागीय जानकारी ले रहे हैं गहमंत्री गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने अपराधों पर नियंत्रण पाने और माफिया एवं मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के लिये जबलप्र प्रलिस की सराहना की है कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिये जबलपुर में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुये डॉ मिश्र ने कहा कि माफिया के विरुद्व सख्ती लगातार बढ़ानी होगी उन्होंने चिटफंड कम्पनियों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर भी और कठोर रवैया अपनाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिये हैं